शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में सैंतीस शिक्षकों का किया गया सम्मान आगामी ग्यारह और बारह सितंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई

आज राजनादगाव जिले के डोंगरगढ़ में अटल विकास यात्रा के शुभारंभ के मौके पर आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री मोदी और रमन सिंह मिलकर छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे ले जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाया तो वहीं रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को संवारा है

मनरेगा मजदूरों को टिफिन तेंद्रपत्ता संग्राहक हितग्राहियों को सोलह करोड़ रूपये की बोनस राशि और चरणपादुका वितरित की गई इसके साथ ही लगभग एक हजार हितग्राहियों को साइकिल और पचास हितग्राहियों को ई रिक्शा दिए गए इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को रसोई गैस सिलेंडर और बीस दिव्यांगों को मोटर युक्त ट्राइसिकल का वितरण किया गया कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष ने राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में डॉयल एक सौ बारह हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करते हुए एंबुलेंस फायर बिग्रेड और पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया आमसभा के दौरान देश के जानें माने कवि और साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर सुरेन्द्र दुबे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद अमित शाह ने मां बम्लेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता की सुख समृद्वि का आशीर्वाद मांगा इस मौके पर श्री शाह ने नया रायपुर में अटल स्मारक के निर्माण के लिए मंदिर परिसर की पवित्र माटी एकत्र कर अटल दूत को सौंपी डोंगरगढ़ से विकास यात्रा तखतपुर पहुंची जहां मुख्यमंत्री ने एक आमसभा को संबोधित किया

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सरकार ने इसे अटल विकास यात्रा का नाम दिया है इसके तहत पांच अक्टूबर तक मुख्यमंत्री करीब छह हजार किलोमीटर की यात्रा कर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और आम सभाओं को संबोधित करने के साथ ही बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में लोगों तक सहायता पहुंचाने की यह अत्याधुनिक प्रणाली अमेरिका और यूरोप के देशों में उपलब्ध है अब इस सुविधा का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा डॉक्टर सिंह ने कहा कि एक सौ बारह नंबर डॉयल करने पर जीपीएस प्रणाली पर आधारित इस सुविधा के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में दस और ग्रामीण क्षेत्रों में तीस मिनट में जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचाई जाएगी शिल्पकार पारिश्रमिक केंद्र सरकार ने शिल्पकारों के पारिश्रमिक में छत्तीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है पहले यह प्रति लच्छा पांच रुपये पचास पैसे थी जिसे बढ़ाकर सात रुपये पचास पैसे प्रति लच्छे की गई है एक बयान में केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा है कि सरकारी सब्सिडी के बाद ही कारीगरों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गई है खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष वीके सक्सेना ने कहा कि इस बढ़ोत्तरी से युवा कताई के व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे शिक्षक दिवस आज प्रदेशभर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है यह दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस मौके पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया सम्मान समारोह में सैंतीस शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान दो हजार सत्रह से सम्मानित किया गया राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में इन शिक्षकों को नगद राशि और प्रशस्त्रि पत्र देकर सम्मानित किया गया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने उत्कृष्ट स्कूल की सम्मान राशि में वृद्वि की घोषणा की अब प्रथम आने वाले हायर सेकेण्डरी स्कूल को पचास हजार हाईस्कूल को तीस हजार और मिडिल स्कूल को पच्चीस तथा प्राथमिक स्कूल को बीस हजार रूपये दिए जाएंगे इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने अगले साल सम्मानित होने वाले चवालीस शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की

प्रधान मुख्य आयकर आयक्त पीके दास ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जिस जिले में ज्यादा पैसे खर्चा होता है उन जिलों पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा साथ ही ज्यादा खर्च करने वाले प्रत्याशी पर भी नजर रहेगी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए श्री दास ने बताया कि इस साल अब तक करीब तीन करोड़ की नगद राशि जब्त की गई है

पशुधन विकास मंत्री ब्रेजमोहन अग्रवाल ने कल देर शाम लगभग दो करोड़ रूपये की लागत से निर्मित राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया इस चिकित्सालय में चौबीसों घंटे पशुओं के उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी चिकित्सालय में तीन ऑपरेशन थियेटर भी बनाए गए हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री के रायपुर निवास पर प्रत्येक गुरूवार को होने वाला कार्यक्रम जनदर्शन कल स्थगित रहेगा राज्य सरकार ने मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा कर दी है इस साल दशहरा पर चार दीपावली पर छह और शीतकालीन अवकाश के रूप में चार दिनों की छुट्टियां रहेंगी सुकमा जिले के एर्राबोर इलाके से सुरक्षा बलों की टीम ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है